वित्त मंत्री वित्तमंत्री सीतारामन ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र और किसानों के मुद्दे सरकार की चिंताओं में प्रमुख हैं आज नई दिल्ली में ग्रामीण और कृषि वित्त पर छठें विश्व कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाएं हैं उन्होंने कहा कि केसर और अखरोट उत्पादक किसानों को भी जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादक किसानों की तरह ही मदद मिलेगी वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार इस समय किसान क्रेडिट कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर ध्यान दे रही है जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में सुधारात्मक कदम है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ग्रुनानक जयंती की बधाई दी है प्रदेश में भी प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के गुरुद्वारों में कल रात से खास आयोजन किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूद्वारा श्री गुरू सिंह सभा आढ़त बाजार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया मुख्यमंत्री ने गुरूदारे में मत्था टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की सिख समुदाय को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग़्रूनानक जी के अनुयायी देश विदेश में फैले हुए हैं उनके उपदेशों और शिक्षाओं ने समाज की बुराईयों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चम्पावत जिले के रीठा साहिब और टनकपुर गुरुद्वारा में प्रकाशपर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है सुबह से ही विभिन्न स्थानों से आये ग्रन्थियों द्वारा गुरुद्वारा के दीवाने हाल में गुरुग्रन्थ साहब के अखण्ड पाठ किया गया और श्रद्धालुओं द्वारा शबद कीर्तन का आयोजन किया गया कार्तिक पूर्णिमा आज कार्तिक पूर्णिमा है इस अवसर पर प्रदेश के पवित्र नदियों के घाटों पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्वालु ने हर की पैड़ी समेत अन्य घाटों पर आस्था की ड्बकी लगाई ठंड के बावजूद श्रद्धालू तड़के से ही गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे थे कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का और दान का विशेष महत्व है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पूरे वर्ष स्नान करने का फल प्राप्त होता है स्नान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किये हैं मेला क्षेत्र को अलग अलग जोन और सेक्टर में बांटा गया है पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है और रूट डायवर्ट किया गया है प्रदेश के अन्य जिलों में भी श्रद्वालुओं ने पवित्र नदियों में डुबकी लगाई और मंदिरों में पूजा अर्चना की गुरु पूर्णिमा पर बागेश्वर में सरयू गोमती संगम पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा पूर्वक स्नान किया जिले के अन्य हिस्सों में भी मंदिरों में पूजा अर्चना करने वालों का सुबह से तांता लगा रहा वहीं सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा मेले का शुभारंभ किया गया इस दौरान आधी रात तक मंदिर में भजन कीर्तन और चांचरी गायन का कार्यक्रम हुआ आज कई श्रद्धालुओं ने मंदिर में गोदान भी किया मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने देहरादून में ऑल वेदर रोड योजना की प्रगति पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा की मुख्य सचिव ने ऑल वेदर रोड योजना के भूमि अध्याप्ति पर्यावरण और नये डम्पिंग जोन के लम्बित प्रकरणों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये उन्होंने पर्यावरण के मद्देनजर सड़क खुदान से निकलने वाले मलबे को सुनियोजित ढंग से नियमानुसार निस्तारण करने के भी निर्देश दिये हैं सुझाव रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा को वैष्णों देवी की तर्ज पर संचालित करने के लिए जिले के आठ विभागों की टीम ने जिलाधिकारी को अपने सुझाव दिये आठ विभागों की टीम वैष्णो देवी की यात्रा पर गई थी छह दिवसीय भ्रमण से लौटने के बाद टीम ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट का जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुतिकरण किया और केदारनाथ यात्रा को अधिक बेहतर बनाने के सुझाव दिए टीम में स्वास्थ्य विभाग पश्पालन विभाग नगर पालिका स्वजल जल संस्थान उरेडा विभाग जिला आपदा प्रबंधन विभाग सुलभ इंटरनेशनल के अधिकारी शामिल हैं बैठक में मुख्य पश् चिकित्सा अधिकारी डॉ आर एस नितवाल ने बताया कि वैष्णो देवी यात्रा का रूट पूरी तरह कवर होने के कारण घोड़े खच्चर की लीद गीली नहीं होती और साफ करने में आसानी होती है इसके बाद लीद को ईंधन और कम्पोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आंगनबाड़ी रुद्रप्रयाग आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को अब रजिस्टर की जगह पर मोबाइल एप पर काम करना होगा आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों में सुधार के लिहाज से ये कदम उठाया गया है ताकि पोषण अभियान को सफल बनाया जा सके इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्यो की मॉनीटरिंग भी की जा सकेगी इसी कड़ी में आज रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने आईसीडीएस कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर मोबाइल एप का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल एप से जुड़ी जानकारी दी जा रही है इसके लिए सभी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को मोबाइल सिम और पावर बैंक दिया गया है जिलाधिकारी ने बताया कि आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को केन्द्र खोलते समय अपनी सेल्फी खींच कर भेजनी होगी ऐसा करना उनके लिए जरूरी होगा इसके साथ ही विभागीय स्तर पर हर रोज व्हाट्सएप से आंगनबाडी केन्द्र पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी भी की जा रही है जिलाधिकारी का कहना है कि इससे कुपोषित बच्चों की पहचान करना ज्यादा अच्छी तरह संभव होगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस बेहतर बनायी जा सकेगी भूकम्प प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सुबह भूकम्प के झटके महसूस किये गये

जिले के मुनस्यारी डीडीहाट सहित विभिन्न हिस्सों में लोगों ने झटके महसूस किये पिथौरागढ़ के अलावा चंपावत अल्मोड़ा बागेश्वर नैनीताल और पौड़ी में भी भूकंप के झटका महसूस किये गये भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग लोग घरों से बाहर की ओर दौड़ने लगे हालांकि कहीं से नुकसान की खबर नहीं है लोक सेवा प्रसारण दिवस आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है

उस दिन राष्ट्रपिता ने विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ठहराए गए विस्थापितों को आकाशवाणी से संबोधित किया था इस उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी ने अपने दिल्ली परिसर में एक समारोह का आयोजन किया है इस अवसर पर आकाशवाणी के लाखों श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हुए प्रसार भारती अध्यक्ष डॉ ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि इतिहास में यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो में आए थे बैठक नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक हुई इसमें निर्णय लिया गया कि जनपद में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा ही चलाये जाएंगे इसके साथ ही पर्चेज और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया जिसमें रेडक्रॉस सचिव संबंधित हॉस्पिटल के पीएमएस सीएमएस चीफ फार्मासिस्ट और रेडक्रॉस सोसाइटी के एक सदस्य को शामिल किया रेडक्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष और जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन औषधि केंद्रों में जेनरिक दवाओं की खरीद सीधे बीपीपीआई से करने के निर्देश दिये साथ ही खरीदी हुई दवाओं का नियमित ऑनलाइन और ऑफ लाइन अंकन अनिवार्य रूप से करने की भी हिदायत दी गई से किया जाए जन औषधि केन्द्रों में पूर्व में तैनात फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारियों का सत्यापन भी किया जाएगा उन्नत भारत अभियान अल्मोड़ा के राजकीय महाविद्यालय भिकियासैंण एनएसएस इकाई ने उन्नत भारत अभियान के तहत पीपलगांव को गोद लिया है इसके तहत गांव में एक दिवसीय शिविर आयोजित कर स्वच्छता स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया एनएसएस के स्वयंसेवकों ने यहां पौधरोपण किया साथ ही महाविद्यालय से पीपलगांव तक स्वच्छता अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रैली निकाली गई इस दौरान गोष्ठी के जरिए भी ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण पॉलीथीन के दुष्प्रभाव नदी और जल स्रोतों की स्वच्छता आदि के प्रति जागरूक किया गया अब संक्षिप्त समाचार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भेजी थी जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेशवासियों को श्री गुरू नानक देव जी के जन्म दिवस की बधाई दी है